राज्यपाल लालजी टंडन मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के मिण्टो हाल में मनाया गया

इस अवसर पर जबलपुर में निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों तथा कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया श्योपुर शिवपूरी देवास गुना उमरिया सतना अशोकनगरछिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मतदाता दिवस मनाये जाने के समाचार भिल रहे हैं सीएम हेल्पलाइन पुरस्कार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतो का समय पर निराकरण कर श्रेष्ठ कार्य करने वाले मंदसौर जिले के तीन अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा इसमे पश्पालन विभाग के उपसंचालक डॉक्टर मनीष इंगोले कृषि उपज मंडी के सचिव जेके चौधरी गृह विभाग के एन डी सक्सेना शामिल हैं

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम के लिए लोग आज भी अपने विचार साझा कर सकते हैं

उनके संबोधन को हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके बाद उनका अंग्रेजी में अभिभाषण सुना जा सकता है

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में आज राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गणतंत्र दिवस के अवसर पर टीकमगढ़ जिले में भारत पर्व का आयोजन किया जायेगा